प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए देशवासियों से सामूहिक प्रयास करने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि कल रात नौ बजे नौ मिनट के लिए घरों की बत्तियां बंद करें तथा दीये और मोमबत्ती जलाकर या मोबाइल की फ्लैश लाइट के जरिए देश की सामूहिक शक्ति का परिचय दें

प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि लोग अपने घर में रहें और दिया जलाते समय समूह में इकट्टे न हों

रास्तों में गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना हैं अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे करना है

सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन में लोगों ने अभूतपूर्व अनुशासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है

ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेगे साथियों ये लॉकडाउन का समय जरूर है हम अपने अपने घरों में जरूर हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए मौजूदा देशव्यापी पूर्णबंदी में लोगों ने अभूतपूर्व अनुशासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने पिछले महीने की बाईस तारीख को कोविड उन्नीस के खिलाफ लड रहे लोगों के प्रति जिस प्रकार अपना आभार व्यक्त किया था वह दूसरे देशों के लिए उदाहरण बन गया है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पूण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा है संयुक्त सचिव ने कहा कि सभी पुलिस महानिदेशकों और पुलिस आयुक्तों को आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत वीजा शर्तो का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है उन्होंने बताया कि सात मौजूदा हेल्पलाइनों के अलावा दो नये हेल्पलाइन नम्बर शुरू किये गये हैं

इस नम्बर पर देशभर से टोलफ्री सम्पर्क किया जा सकता है भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डॉक्टर मनोज ने कहा कि एक सौ बयासी प्रयोगशालाओं में नोवेल कोरोना वायरस की जांच करने की अनुमति दी गई है इनमें से एक सौ तीस सरकारी और बावन निजी प्रयोगशालाएं हैं राज्य सरकार ने बाईस मार्च के बाद प्रदेश में आये एक लाख अस्सी हजार से अधिक लोगों की एक बार फिर प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच कराने का फैसला किया है यह प्रक्रिया आज से शुरू होगी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को सामुदायिक स्तर तक फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है श्री कुमार ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण सामने आये तो उनकी गहन जांच कराई जाएगी इस प्रक्रिया के पहले चरण में महाराष्ट्र से आये लोगों की जांच की जाएगी इसके बाद केरल तमिलनाडु और दिल्ली से बिहार आये लोगों की जांच होगी प्रारंभिक जांच की यह प्रक्रिया छह दिन में प्ररी की जाएगी कोविड उन्नीस के फैलाव को रोकने के लिये भारतीय रेल अपने संसाधनों का पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल कर रही है रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेल बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव सभी तैयारियों की नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं

इन में से दो लाख से ज्यादा वैगनों में खाद्यान नमक चीनी दूध खाने के तेल प्याज फल और सब्जियां पैट्रोलियम उत्पाद कायेला और उर्वरकों की ढुलाई की गई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाये रखने के लिये रेलवे के कर्मचारी विभिन्न माल गोदामों स्टेशनों और नियंत्रण कक्षों में रात दिन काम कर रहे हैं रेल पायलट और गार्ड पूरी तत्परता के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं

इसी क्रम में रेल मंडलों की उत्पादन इकाइयों और सार्वजनिक उपक्रमों में बड़े पैमाने पर मास्क और सैनेटाइजर बनाये जा रहे हैं अनुपम मिश्र आकशवाणी समाचार नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लेबोरेट्री मेडिसन के प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है

गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंपों के पास ट्रकों की मरम्मत करने वाली दुकानों और चाय उद्योग को छूट के दायरे में रखा गया है साथ ही चाय बागानों में काम करने वाले पचास प्रतिशत कामगारों को भी छूट दी गई है केन्द्र सरकार रबी फसलों की सुचारू कटाई और गर्मियों की फसलों की बुआई सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और बीमा कंपनियों के साथ वीडियों कांफ्रेंस के जरिये बैठक कर दावों के भूगतान रबी फसलों की कटाई की स्थिति फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण और स्मार्ट सैंप्लिंग तकनीक की समीक्षा की है बैठक में लॉकडाउन के दौरान फसल बीमा सुविधा को सुगम बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजकर संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए पास जारी करने का निर्देश दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में संक्रमित लोगों की संख्या दो हजार तीन सौ एक हो गयी है इनमें से एक सौ सत्तावन लोगों को उपचार के बाद छूट्टी दे दी गयी है जबकि छप्पन लोगों की मृत्यु हुई है श्री अग्रवाल ने कहा कि पिछले दो दिन के दौरान चौदह राज्यों से ऐसे छह सौ सैंतालीस लोगों में वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है जो नई दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे उन्होंने कहा कि इसके कारण देश में मरीजों की संख्या बढ़ी है प्रदेश के सीवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड में एक युवक के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर इक्तीस हो गई है जबकि इलाज के बाद तीन मरीज ठीक हो चुके हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है प्रदेश की विमिन्न प्रयोगशालाओं में अब तक एक हजार नौ सौ तिहत्तर सैंपलों की जांच की गयी जिसमें एक हजार नौ सौ चालीस निगेटिव पाये गये हैं पॉजिटिव पाये जाने वालों में मूंगेर के सात सीवान के छह पटना और गया के पांच पांच गोपालगंज के तीन नालंदा के दो तथा लखीसराय बेगूसराय और सारण के एक एक मरीज शामिल हैं इस बीच बिहार पुलिस ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के निजामूद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज से लौटे सत्तावन विदेशियों में से पैंतीस का पता लगा लेने का दावा किया है केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे राज्य को इस आपदा से निपटने के लिए सात सौ आठ करोड़ रूपये की राशि दी है यह राशि राज्य आपदा मद एसडीआरएफ के तहत मिलेगी बिहार सरकार पैसा खर्च करने के बाद उसकी रिपोर्ट एजी को देगी आपदा प्रबंधक के अधिकारियों के अनुसार इस मद से आवश्यक उपकरण की खरीदारी की जायेगी राज्य के राशन कार्डधारकों को अगले हफ्ते पांच पांच किलो चावल और एक एक किलो दाल निःशुल्क दी जायेगी राज्य के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि जन वितरण की दुकानों से लोगों के बीच यह अनाज वितरित किया जायेगा जिससे राज्य के लगभग आठ करोड़ चौंसठ लाख लाभार्थियों को अनाज मिलेगा मंत्री ने कहा कि इस खाद्य आपूर्ति पर नजर रखने के लिये पच्चीस अधिकारियों को जिम्मेदारी सोंपी गयी है उन्होंने कहा कि विभाग ने मई और जून महीने के खाद्यान्न का उठाव करने का आदेश भी जारी कर दिया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आम लोगों तक रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत आठ करोड से ज्यादा लाभार्थियों को अप्रैल से जून महीने के दौरान रसोई गैस सिलेन्डर की आपूर्ति मुफ्त में की जायेगी लगभग साठ लाख से ज्यादा रसोई गैस सिलेन्डर प्रतिदिन लोगों के घरों में पहुंचाये जा रहे है कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के दसवें दिन भी प्रदेश में व्यापक असर देखा गया आवश्यक वस्तुएं खरीदने के अलावा सड़कों पर अनावश्यक निकले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती बरत रही है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अब तक राज्य में छह सौ नब्बे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है वहीं चौदह हजार सात सौ इक्यानवे वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कर डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन में प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही सहायता के तहत राशन कार्डधारियों को एक एक हजार रुपये भेजने की गति बढ़ाने और बचे हुए लाभार्थियों को कम से कम समय में राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्यकर्मियों के वेतन पेंशन को लेकर सोशल मीडिया की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कोई कटौती नहीं करेगी और इसका ससमय भुगतान किया जा रहा है मुजफ्फरपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान राशन वितरण में गड़बड़ी करने के आरोप में चौंतीस डीलरों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है जबकि पैंतीस का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है सिवान जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन कर सामूहिक नमाज पढ़ने के आरोप में सिकटिया पंचायत के खानपुर गांव स्थित मस्जिद के मौलवी पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता से कल रात नौ बजे घर की बत्ती बुझाएं दीया मोमबत्ती जलाएं की खबर को दैनिक जागरण दैनिक भास्कर और प्रभात खबर समेत प्रमुख समाचार पत्रों ने अपनी बड़ी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने सूबे में अब खपत के आधार पर ले सकेंगे बिजली का कनेक्शन की खबर को प्रमुखता दी है वहीं प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर इक्तीस होने और तबलीगी जमात में शामिल लोगों ने सरकार के प्रयासों पर फेरा पानी को आज अखबार समेत अन्य समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है